मुख्यमंत्री आज लखनऊ श्थित अपने आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यो की समीक्षा कर रहे थे प्रदेश के औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि इसको गति देने के लिये इम्पावरमेंट कमेटी की बैठक की जाय उद्योगों की स्थापना के लिये मौजूदा लैण्ड बैंक का विस्तार किया जाय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड नाइन्टीन के सम्बन्ध में शासन की ओर से जारी गाइड लाइन का अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाय इससे बचाव और उपचार की प्रभावी व्यवस्था निरन्तर बनाये रखी जाय मुख्यमंत्री आज लखनऊ स्थित अपने आवास पर अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की पहच जन जन तक बनाने के लिये ई संजीवनी ऐप के प्रति लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्य कराने के लिये प्रतिबद्व है श्री योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह कोविड नाइन्टीन से बचाव के लिये निरन्तर जागरूक करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें इसके लिये विभिन्न प्रचार माध्यमों के साथ साथ पब्लिक एड्रेस सिस्टम का व्यापक उपयोग किया जाय प्रमुख चौराहों बाजारों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के द्वारा लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारी दी जाय उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि शीघ्र ही गंगा एक्सप्रेस वे के माध्यम से हम देश के सारे महानगरों से जुड़ जायेंगे ग्रीन फिल्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट कशीनगर अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा अन्य एयरपोर्ट के जरिये हमारी पहंच परी दनिया तक होगी उपमुख्यमंत्री आज गोरखपुर में पूर्वांचल के सतत् विकास पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार और संगोष्ठी को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश बेहतर बुनियादी सुविघाओं और निवेश फ्रेंडली नीतियों के कारण इज ऑफ डूइंग बिजनेस में ऊंची छलांग लगाकर दूसरे स्थान तक पहंच गया है आज उत्तर प्रदेश निवेशकों का पसंदीदा स्थल बन गया है प्रदेश के वन पर्यावरण अउर जन्त उद्यान मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में ईको टूरिज्म के क्षेत्र में विकास और रोजगार की अपार सम्भावनायें हैं उन्होंने कहा कि ईको टूरिज्म के लिये पूर्वाचल के गोरखप्र में रामगढ़ झील संतकबीरनगर का बखिरा ताल महराजगंज का सोहगीबरवा अम्यारण्य ईको टूरिज्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं श्री चौहान आज गोरखपुर में पूर्वांचल के सतत विकास पर आयोजित संगोष्ठी को सम्बोधित कर रहे थे

देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढकर चौरानबे दशमलव आठ नौ प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों में तैतीस हजार चार सौ चौरानवे रोगी ठीक हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक ठीक हुए लोगों की संख्या तिरानवे लाख चौबीस हजार से अधिक हो गई है इलाज करा रहे रोगियों की संख्या तीन लाख उन्सठ हजार आठ सौ उन्नीस है पिछले चौबीस घंटों में करीब तीस हजार नये मामले दर्ज किए गए जिससे देश में अब तक संक्रमित हए रोगियों की संख्या अट्ठानबे लाख छब्बीस हजार से अधिक हो गई है

पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में ठण्ड और शीतलहर का सिलसिला शुरू हो गया है गोरखपूर देवरिया संतकबीरनगर महराजगंज सहित लगभग सभी पूर्वी जिलों में घने कोहरे के चलते गलन भरी ठंड पड़ रही है घने कोहरे के चलते कई जिलों में यातायात प्रभावित होने की भी खबर है उधर मुजफ्फरनगर में आज बारिश के साथ ओलावृष्टि हयी जिससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है हापुड़ और मुरादाबाद में भी हल्की बारिश से ठंड़ बढ़ गयी है मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश जिलों में कोहरे के साथ शीतलहर का सिलसिला फिलहाल जारी रहेगा